केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने क्रूक्षेत्र जिले को किसानों के आधार लिंक व लाभार्थियों की लाभ राशि सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किये जाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रस्कृत किया है

केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने की प्रक्रिया को तेज़ एवं आसान बनाने को कहा है आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने बैंकों को लिखे एक पत्र में देश के रेहड़ी फड़ी वालों को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण देकर योजना की पहंच में वृत्रि के लिए कई उपाय करने का सुझाव दिया है पत्र में कहा गया है कि रेहड़ी फड़ी वाले अक्सर गैर पारम्परिक स्त्रोतो से ऋण पर निर्भर रहते है इसलिए उन्हें ऋण देते समय सिबिल स्कोर पर ज्यादा ज़ोर नहीं दिया जाना चाहिए मंत्रालय ने यह भी कहा कि बैंको को इस योजना के तहत कम सिबिल स्कोर वाले रेहड़ी फड़ी वालों को ऋण देने के लिए दिशा निर्देश का पर्नर्मल्यांकन करने की जरूरत है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने यह भी बताया कि बैंक अधिकारियों दवारा देश के विभिनन शहरों में लाभार्थियों को ऋण लेने में अवरोध का एक ही जगह हल करने के लिए शिविर लगाये जायेंगे

हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला को किसानों के आधार लिंक व लाभपात्रों की लाभ राशि सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किए जाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्कृत किया गया यह प्रस्कार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना के सफल क्रियान्वयन के दो वर्ष पूर्ण होने पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया कुरुक्षेत्र जिला के लिए यह प्रस्कार केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल ने ग्रहण किया इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी भी उपस्थित रहे केन्द्र सरकार दवारा देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए इंडिय सिक्ल्स प्रतियोगिता करवाई जा रही है

एक सरकारी प्रवकता ने बताया कि देश में प्रतिभाओं को रोकने के लिए दिवार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है जो उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है

हरियाणा के खनन एं भू विज्ञान मंत्री मूल चंद शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में आमजन के लिए उचित दामों पर निर्माण सामग्री स्निश्चित करने के साथ साथ अवैध खनन को शून्य पर लाने के लिए काम कर रही है ताकि सरकारी खजाने में होने वाली राज्स्व की हानि को रोका जा सके

उन्होंने बताया कि इसके अलावा खनिज से भरे वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है अब केवल वाहन की क्षमता के हिसाब से ही खनिज भरा जायेगा जिससे वाहनों को क्षमता से ज्यादा भरने पर रोक लगेगी उन्होंने कहा कि खनिजो की प्लाई के लिए ई रवाना प्रणाली अवैध खनन व प्लाई पर अकंश लगाने में काफी हद तक कारगर साबित हो रही है

खनन एवं भू विभन मंत्री ने बताया कि मौजूदा सराकर दवारा इस क्षेत्र मे प्रतिस्पर्धा बढ़ाने व छो उद्यमियों को भी मौका देने के इरादे से छोटी खनन इकायर्यो को ठेके पर देने का निर्णय लिया गया है औश्र इसके साथ् ही खनन इकाइयो को पट्टे या ठेके पर देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेन के मकसद से ई नीलामी भी शुरू की गई है

जिला स्तर पर भी जयंती कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के सम्बोधन का जिला स्तरीय कार्यक्रमों में सीधा प्रसारण होगा जयंती कार्यक्रम अन्सूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तत्वावधान में आयोजित किए जाएंगे विभाग की ओर से इस सम्बंध में सभी जिला उपायुक्तों को पत्र जारी किया गया है पत्र में उपायुक्तों को जिला स्तरीय कार्यक्रमों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं स्निश्चित करने के लिए कहा गया है

आरोपी यह गांजा आठ बैग में भरकर ला रहे थे

उधर यम्नानगर में वन विभाग के अधिकारियों ने गांव वानिया बनियावाला के नज़दीक जंगल से खैर की लकड़ी काटकर बाज़ार में बेचने जा रहे तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है

आरोपियों की पहचान आरीफ फ्रकान और जाहिद के तौर पर हुई है

बीकानेर हरिदवार एक्सप्रेस अब रोहतक के कलानौर कला स्टेशन पर भी रूका करेगी यात्रियों की मुश्किल को देखते हये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस रेलगाड़ी के कलानौर कलां में ठहराव के लिए केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह किया था एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्रीय रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री को एक पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी है